पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के आवास से बरामद कारतूस अवैध पाये गये

सुरक्षा के किये गये हैं कड़े इंतज़ाम उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को आश्रय गृहों की निगरानी के लिए विशेष कमिटी बनाने को कहा है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई करते हुये मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ये सुझाव दिया न्यायालय ने कहा कि यदि किशोर न्याय अधिनियम सही तरीके से लागू होता तो मुजफ्फरपुर और देवरिया जैसी घटनाएं नहीं होती खंडपीठ ने आश्रय गृहों में बच्चों की संख्या में तेजी से गिरावट पर भी गहरी चिंता जतायी है समाज कल्याण विभाग ने टीआईएसएस के रिपोर्ट की आधार पर प्रदेश के दस शेल्टर होम के एनजीओ संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है जिन एनजीओ संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गयी है उन सभी से शेल्टर होम संचालन का काम वापस ले लिया गया है वहीं चार शेल्टर होम के एनजीओ को काम में सुधार लाने की हिदायत दी गयी है विभाग ने टीआईएसएस की रिपोर्ट के आधार पर सत्रह शेल्टर होम को चिन्हित किया था जहां मानवाधिकार उल्लंघन के गम्भीर मामले पाये गये थे सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की जांच कर रही सीबीआई पटना के स्पेशल क्राईम ब्रांच के एसपी जे़पी मिश्रा का तबादला कर दिया है उनकी जगह लखनऊ में पदस्थापित देवेन्द्र सिंह को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है अब देवेन्द्र सिंह इस मामले की जांच करेंगे पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर स्थित आवास से बरामद पचास कारतूसों को पूलिस ने अवैध बताया है ये सभी कारतूस ऐसे हथियार के हैं जिन्हें आम आदमी को रखने की अनुमति नहीं है सूत्रों ने बताया कि कारतूस की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र के चार पड़ोसियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है सबों को पटना कार्यालय तलब किया गया है मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने ब्रजेश ठाकूर के चार पड़ोसियों का बयान केस डायरी में दर्ज किया था सबों ने अपने बयान में कहा था कि वे अक्सर लड़कियों के चिखने चिल्लाने की आवाज सुनते थे इधर जेल में बंद निलंबित बाल संरक्षण अधिकारी राजीव रौशन की पत्नी के खिलाफ कोर्ट ने इश्तेहार जारी करने का आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पीड़िताओं की पहचान उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया था दूसरी तरफ ब्रजेश ठाकूर के एनजीओ की कर्ताधर्ता कही जाने वाली मधु का एक वीडियो सोशल साईट्स पर वायरल हो रहा है जिसमें वे पूरी जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है इधर पूलिस को ब्रजेश ठाकुर के बेटे के नाम से जिले के गायघाट में सवा सात एकड़ जमीन का पता चला है ब्रजेश ठाकुर की अन्य सम्पत्तियों की जांच भी चल रही है पटना के आसरा गृह मामले में अदालत ने संचालिका मनीषा दयाल और उसके सहयोगी चिरंतन कुमार को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है एसआईटी ने इस संबंध में कोर्ट में आवेदन दिया था जिसे स्वीकार करते हुये दोनों को दो दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है इधर एसआईटी को मनीषा दयाल और उससे जुड़े लोगों के दस बैंक खातों की जानकारी मिली है इन खातों की जांच से स्पष्ट हुआ है कि बड़ी रकम दूसरे के बैंक खातों में स्थानांतरित की गयी वहीं पुलिस ने आसरा गृह में रहने वाली सभी महिलाओं की स्वास्थ्य जांच भी करायी है भोजपूर जिले के बिहियां में हुये हिंसक प्रदर्शन और तोड़ फोड़ के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा एक महिला से दुर्व्यवहार और उसे निर्वस्त्र किये जाने के मामले में पुलिस ने तीन प्राथमिकी दर्ज की है इस मामले में पन्द्रह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है वहीं मृतक छात्र की पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उसकी गला दबाकर हत्या हुई थी जिलाधिकारी संजीव कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला की स्वास्थ्य जांच करवाई गयी है श्री कुमार ने कहा कि पीड़िता को दो लाख रूपये का मुआवजा दिया जायेगा इधर राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद राज्य महिला आयोग ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुये पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट तलब की है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना जिले में घोसवारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार बीडीओ शिकायकर्ता से एक योजना को स्वीकृति देने के एवज में रिश्वत ले रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों के कलश पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को सौंपेगे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय अस्थि कलश लेकर शाम चार बजे पटना पहुंचेंगे पटना हवाई अड्डे से अस्थि कलश यात्रा के रूप में प्रदेश कार्यालय लाया जायेगा इस दौरान कई केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित रहेंगे कल ग्यारह रथों के द्वारा कलश को हरेक जिले में आम लोगों के दर्शनों के लिए ले जाया जायेगा बाद में प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों में वाजपेयी जी की अस्थियां प्रवाहित की जायेंगी ईद उल अज़हा यानि बकरीद का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के माहौल में मनाया जा रहा है ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के लिये सुबह से ही मुस्लिम धर्मावलंबी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान समेत राज्य भर के मस्जिदों ईदगाहों और अन्य स्थलों पर जुटे हैं बकरीद को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुये लोगों से इस त्योहार को मेल जोल आपसी भाईचारा और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा साल में दो बार कराने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है अब यह परीक्षा पूर्व की तरह साल में एक बार ही होगी पटना उच्च न्यायालय ने थानों में दर्ज सभी एफआईआर की कॉपी दंडाधिकारी को भेजने के साथ ही उसे वेबसाईट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि प्रदेश के कितने थानों में इंटरनेट और कम्प्यूटर की सुविधा है मामले की अगली सुनवाई पांच सितम्बर को होगी वहीं एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुये खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि घोषणा के चार साल बीत जाने के बाद भी अब तक छपरा पूर्णियां समस्तीपुर और मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल सका है राजद के सांसद और विधायक केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपने एक महीने का वेतन दान करेंगे पार्टी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये जानकारी दी है नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के पूरन बिगहा गांव में एक महिला को जिंदा जला देने का मामला प्रकाश में आया है पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि दुष्कर्म में असफल लोगों ने घटना को अंजाम दिया महिला का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है मामले के मुख्य आरोपी रणजीत चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है भागलपुर जिले के नवगछिया से पुलिस ने पचास हजार रूपये के इनामी अपराधी बिलरिया को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी पर हत्या अपहरण और डकैती के दस से अधिक मामले दर्ज है सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के खैरा भट्टी के पास अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये मुजफ्फरपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आरबीबीएम कॉलेज के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति से दो लाख रूपये लूट लिये नालंदा जिले के बिहारशरीफ में एटीएम कार्ड का क्लोनिंग करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों की अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने नये राज्यपालों की नियुक्ति से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है टंडन बिहार के नये गवर्नर मलिक जम्मू कश्मीर गये दैनिक जागरण की सुर्खी है मंजू वर्मा और उनके पति पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार चेरिया बरियारपुर से बरामद की गयी गोलियां अवैध घोषित प्रभात खबर ने एशियाई खेलों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हये लिखा है सोलह वर्षीय सौरभ ने विश्व चैंपियन को हरा कर जीता गोल्ड मेडल जीतने वाले बने सबसे युवा शूटर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है राज्यसभा चुनाव में नोटा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की चुनाव आयोग की अधिसूचना आज ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में आयोजित श्रद्धांजलि सभा से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है

पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के आवास से बरामद कारतूस अवैध पाये गये

सुरक्षा के किये गये हैं कड़े इंतजाम